कल विधानसभा में विधायक निनोंग ईरिंग दवारा पंचायत च्नाव पार्टी प्रणाली पर नही पर चर्चा के दौरान उठाएं प्रश्न का जवाब देते हए श्री फेलिक्स ने कहा कि मौजूदा दलगत प्रणाली को संशोधित करने की स्थिति में सरकार नहीं है

आज विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हए गृहमंत्री बामंग फेलिक्स ने कहा कि यह विधेयक किसी को संगठन बनाने और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने से नहीं रोकता है उन्होंने कहा कि संगठनों दवारा ब्लाएं जाने वाले बंद के दौरान राजमार्ग पर यातायात को बाधा और सम्पत्ति को न्कसान पहंचाने का किसी को अधिकार नहीं है श्री फेलिक्स ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ लोगों को अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए राज्य विधानसभा में प्रोइक सम्दाय के उत्थान के लिए सरकार से प्रभावी कदम उठाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने एक स्वर में कदम उठाने का अन्रोध किया जनतादल यूनाईटेड के हायेंग मांगफी ने कहा कि प्रोइक समुदाय के उत्थान के लिए गठित स्वायत्त प्रोइक कल्याण बोर्ड अपने उद्देश्यों में असफल रहा है उन्होंने राज्य सरकार से पुरोइक बहुल इलाकों में सड़क शिक्षा बिजली स्वास्थ्य सहित ब्नियादी स्विधाओं का विकास करने का आग्रह किया विधानसभा में चर्चा का जवाब देते हए महिला और बाल कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रोइक समुदाय को सभी ब्नियादी स्विधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाया है उन्होंने बताया कि प्रोइक सम्दाय के बच्चों की शिक्षा के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने नीति आयोग द्वारा जारी शिक्षा इंडेक्स में अरुणाचल प्रदेश को सबसे नीचला स्थान मिलने पर चिंता जताते हए शिक्षा मंत्री से इस बारे में विधानसभा में स्पष्टीकरण देने की मांग की

उन्होंने कहा कि उस समय नो डिटेंशन पॉलिसी और सर्वशिक्षा अभियान के शिक्षकों का समय पर वेतन नहीं मिलने से शिक्षा की गणवत्ता प्रभावित हई शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने शिक्षा की परिदृश्य में सुधार के लिए सही अन्पात में शिक्षकों की तैनाती और अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षकों की भर्ती कराएं जाने की नीति को लागू किया है कांग्रेस विधायक वांगलिंग लोवांगडोंग ने आज विधानसभा में देउमाली टाउन को वन आरक्षित क्षेत्रों से बाहर किए जाने की मांग करते हए कहा कि इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है श्री लोवांगडोंग ने कहा कि वर्ष उन्नीस सौ अस्सी से पहले स्थापित इस ए डी सी म्ख्यालय का वन आरक्षित क्षत्र में होना आश्चर्य का विषय है अपने जवाब में म्ख्यमंत्री पेमा खाण्ड् ने कहा कि देउमाली नगरीय क्षेत्र को वन आरक्षित क्षेत्र से बाहर रखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया चल रही है

नई दिल्ली में हाल ही में जलविदय्त कंपनियों के साथ विचार विमर्श का ब्यौरा देते हए श्री मैन ने बताया कि राज्य में जलविद्युत ऊर्जा के दोहन का कार्य धीरे धीरे हो रहा है

संबंद्व परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर उठे विवाद के बाद यह निर्णय सामने आया बोर्ड ने अपने बयान में कहा की संबंद्व परीक्षा फिर से करवाया जाएगा गौरतलब है कि जिन अभ्यार्थियों को दो फरवरी दो हजार बीस के लिए एडमिट कार्ड मिला है वे बिना अतिरिक्त फीस भरे परीक्षा में फिर से बैठ सकते है वहीं म्ख्यमंत्री पेमा खाण्ड् ने कथित अनियमितता के मद्देनजर इस घोटाले की जांच के लिए जांच आयोग की गठन को घोषणा की है

इस दौरान आर जी यू के छात्रों ने अरुणाचल प्रदेश और असम के विभिन्न सांस्कृतिक पहल्ओं की प्रस्त्ती दी

विज्ञप्ति के अन्सार उनतीस फरवरी से सेना के दो दल चिकित्सीय स्टाफ सहित रिकोवेरी वाहन इस बचाव अभियान में जूटे हुए थे और पहली मार्च को बर्फ में फंसे लोगों को सही सलाहमत निकाला गया

आज का अधिकतम तापमान सत्ताईस दशमलव आठ डिग्री सेस्लियस और न्यूनतम तापमान पंद्रह दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया